प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत आज से पंजीकरण शुरू हो गया है इस योजना के तहत किसानों के लिए साठ वर्ष की आयु पूरी करने के बाद तीन हजार रूपये मासिक पेंशन का प्रावधान है कृषि मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना में अठारह वर्ष से लेकर चालीस वर्ष तक की आयु वाले लघु और सीमांत किसान शामिल हो सकते हैं योजना में कोन्द्र सरकार की ओर से पचास प्रतिशत अंशदान दिया जायेगा अठारह साल की आयू में पेंशन खाता खुलवाने पर पचपन रूपये और चालीस साल की आयू वाले किसान को दो सौ रूपये प्रति माह प्रीमियम देना होगा इतनी ही राशि कोन्द्र सरकार द्वारा भी दी जायेगी पेंशन का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जायेगा इच्छुक किसान वसुधा केन्द्र या योजना के राज्य नोडल पदाधिकारी के पास निबंधन करवा सकते हैं इस संबंध में अधिक जानकारी किसान कॉल सेंटर के टोल फ़ी नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य एक पांच पांच एक पर ली जा सकती है हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में इस संबंध में अंतिम फैसला किया जायगा आज पटना में पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरूआत करते हुए श्री मांझी ने कहा कि महागठबंधन में भी उनकी पार्टी को वाजिब हक नहीं मिला उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को तीन सीटें दी गयी थीं लेकिन सही मायने में एक ही सीट पर उनका प्रत्याशी था बाकी दो सीटों पर कांग्रेस और राजद के उम्मीदवार खड़े किये गये थे तिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग जन कल्याण और गरीबों के समावेशी विकास से सम्बद्ध कार्यक्रमों पर एक श्रृंखला प्रसारित कर रहा है प्रस्तुत है इस श्रृंखला की पहली कड़ी बाईट वर्तमान सरकार के समावेशी पहल के तहत लोगों को समान अवसर देने उनके अधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ सभी जाति धर्म और संप्रदाय के व्यक्तियों का विकास में पूरी भागीदारी सुनिश्चित किया जा रहा है इस पहल के मुख्य तीन बिन्दु हैं सभी को शिक्षा रोजगार और उनके जीवन स्तर में सुधार

दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार नरेन्द्र मोदी सरकार ने दो हजार बाईस तक भारत को मजबूत विकसित समृद्ध और समावेशी राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है दो हजार बाईस में स्वाधीनता के पचहत्तर वर्ष पूरे हो जायेंगे इस वर्ष जून में लोकसभा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित अनेक महान नेताओं ने शक्तिशाली सुरक्षित समुद्ध और समावेशी राष्ट्र का सपना देखा था नरेन्द्र मोदी ने सुरक्षित आध्र्निक और समावेशी राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से एकसाथ आगे आने का आह्वान किया बाईट सुरक्षित समृद्ध समावेशी ऐसा राष्ट्र का सपना हमारे देश के अनेक महापुरूषों ने देखा है उसको पूर्ण करने के लिए संकल्पबद्ध हो करके अधिक गति अधिक तीव्रता के साथ हम सबको मिलजुलकर आगे बढ़ना ये समय की मांग है देश की अपेक्षा है और ये अवसर भारत ने खोना नहीं चाहिए

आज बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे और आजादी के बाद से विकास की धारा से कटे रहे इस राज्य का संपूर्ण विकास संभव होगा उन्होंने सरकार के इस फैसले का विरोध करने पर कांग्रेस और वामपंथी दलों की आलोचना की प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव को पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाया है श्री यादव भाजपा महासचिव और चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव की बागडोर संभालेंगे गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना में पदस्थापित दारोगा अशोक यादव और एक मुंशी को जब्त शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है मद्य निषेध इकाई की विशेष टीम ने जब्त की गयी शराब का मिलान किया तो उसमें ढ़ाई सौ लीटर शराब कम पायी गयी इस मामले में थानाध्यक्ष रितेश कुमार सिंह सहित छह अन्य पर मामला दर्ज किया गया है थानाध्यक्ष फरार चल रहे हैं दरभंगा नगर थाने में पदस्थापित एएसआई अनिल कुमार को एक वकील की पिटाई के आरोप में निलंबित कर दिया गया है वहीं खगड़िया के जिलाधिकारी अनिरूद्ध कुमार ने मानसी अंचल के राजस्व कर्मचारी अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया है निलंबित कर्मचारी को कार्यालय से शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया था इधर शेखपुरा के पुलिस अधीक्षक दयाशंकर ने विभागीय कार्रवाई का सामना कर रहे जिले के छह थाना अध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है पूर्णियां में भी सात प्रलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है इनमें एसआई और एएसआई स्तर के अधिकारी शामिल हैं

पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश की सभी सरकारी इमारतों पर सोलर प्लेट लगाये जायेंगे और वहां वर्षा जल संचयन की भी समुचित व्यवस्था होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले दो वर्षो के भीतर प्रदेश में हरित क्षेत्र सत्रह प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि इस अवसर पर पौधारोपण किया गया और जागरूकता रैलियों का आयोजन हुआ उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि केंद्र एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अगले वर्ष पहली जून तक पूरे देश में लागू करना चाहता है वे आज नई दिल्ली में इस योजना के अमल के लिए शुरू किए गए एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे ग्राम पंचायतों द्वारा विभागीय स्तर से क्रियान्वित योजनाओं में नियोजितकर्मी अब अभिकर्ता नहीं बन सकेंगे पंचायती राज विभाग के निदेशक कुलदीप नारायण ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारी उप विकास आयुक्त और पंचायती राज पदाधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिया है इस आदेश के बाद ग्राम पंचायत के किसी भी कार्य में नियोजित शिक्षक रोजगार सेवक विकास मित्र इंदिरा आवास सहायक आवास पर्यवेक्षक टोला सेवक आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका सहित अनुबंध पर नियोजित कोई भी कर्मी अभिकर्ता नहीं बन सकेंगे छियासठवें राष्ट्रीय फिल्म प्रस्कार में मध्रबनी पेंटिंग पर आधारित फिल्म मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स को गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कथानक के लिए रजत कमल से सम्मानित किया जायेगा यह फिल्म मध्रबनी पेंटिंग के बेहतरीन उपयोग और मधुबनी रेलवे स्टेशन को इस कला से संवारने पर आधारित है इसके निर्माता और निर्देशक दीपक अग्निहोत्री और उर्विजा उपाध्याय हैं राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता अभियान की आज पटना में शुरूआत हुई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचन्द्र पूर्वे ने कहा कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ा जायेगा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित इस समारोह में तेजस्वी प्रसाद यादव समेत राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार से कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं थे बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हर्राख से पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक से चार सौ पचासी कार्टन विदेशी शराब बरामद की है शराब की कीमत पच्चीस लाख रूपये बतायी जा रही है मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है